हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इस वर्ष के दौरान धान मक्का व बाजरा सहित खरीफ फसलों का बीमा किया जायेगा

आओ कोरोना को हराए कोविड उचित व्यवहार के पालन को जन आंदोलन बनायें कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

स्रक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी स्रक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की उन्होंने कोरोना महामारी से निपटने के लिए सशस्त्र सेनाओं दवारा की जा रही तैयारियों और कार्यो की समीक्षा की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी दी कि पिछले दो वर्षो में हये सेवानिवृत हये और समय से पहले सेवानिवृति लेने वाले सशस्त्र सेनाओं के सभी चिकित्सा कर्मियों को उनके मौजूदा निवास स्थान के निकट कोविड अस्प्तालों मे काम करने के लिए ब्लाया गया है पहले सेवावितृत हये अन्रू चिकित्सा अधिकारियों को भी चिकित्सा आपातकालीन हैल्पलाइन के माध्यम से परामर्श देने के लिए अपनी सेवायें देने का अनुरोध किया गया है प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि कि कमान मुख्यालय कोर मुख्यालय डिविजन म्ख्यालय और जल व वाय् सेना के समान म्ख्यालयों में कार्यरत सभी चिकित्सा अधिकारियों को भी अस्पतालों में नि्यक्त किया जायेगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने श्री मोदी को बताया कि अस्पतालों में बड़ी संख्या में नर्सिंग स्टाफ को नियुक्त किया जा रहा है प्रधानमंत्री को यह भी बताया कि विभिन्न प्रतिष्ठानों में सशस्त्र बलों के पास उपलब्ध आक्सीजन सिलेंडर अस्पतालों के लिए जारी किये गये जायेंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि वे बड़ी संख्या में चिकित्सा अस्पताल बना रहे है जहां हर संभव सैन्य चिकित्सा ब्नियादी ांचा उपलब्ध करवाया जायेगा श्री मोदी ने भारतीय वायु सेना दवारा भारत और विदेश में ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही के लिए किये जा रहे कार्यो की भी समीक्षा की हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है रेमडीसिवर के लिए भी सरकारी कोटा निर्धारित किया गया है मुख्यमंत्री आज पानीपत रिफाईनरी स्थित ऑक्सीजन संयंत्र में ऑक्सीजन की मौजूदा स्थिति का जायजा ले रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी अस्पतालों पर भी पूरी नजर रखी जा रही है सरकार ने जितना कोटा तय किया गया है उस हिसाब से ऑक्सीजन मिल रही है उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन रेमडिसिवर आदि आवश्यक सेवाओं की पूर्ति सुनिश्चित करने व कालाबाजरी रोकने के लिए सख्त हिदायतें दी गई हैं कालाबाजारी पर हर हाल में लगाम लगाई जाएगी

इनका तीन दिन में शांचा खड़ा हो जाएगा

ऑक्सीजन की कमी के चलते रेवाड़ी व ग्रुग्राम में हई मौतों के बारे में पत्रकारों दवारा पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित एसडीएम को जांच का कार्य सौंप दिया गया है जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा

एक सरकारी प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में बताया कि सरकार लोगों को समय पर दवाएं एवं ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने के लिए कटिबद्घ है और इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है

हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इस वर्ष के दौरान खरीफ सीजन में धान मक्का बाजरा व कपास तथा रबी सीजन में गेहं जौ चना सरसों व सूरजम्खी फसलों का बीमा किया जाएगा

प्रवक्ता ने बताया कि यह योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है

यह पहली बार हआ है कि पंजाब के किसानों के भुगतान के पैसे उनके बैंक खातों में मिलने शुरू हो गये है चलरहे रबी सीज़न के दौरान केन्द्र सरकार मौज़दा म़ूल्य समर्थन योजना के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रबी की फसल की खरीद कर रही है

हरियणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने टवीट के माध्यम से भारतीय चिकित्सा संघ से कोरोना महामारी के इस दौर मे अतिरिक्त कोरोना अस्पतालों और अधिक डाक्टरों की आवश्यकता का देखते हये सहयोग करने की अपील की है